राज्य में देश की पहली सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फी हैल्पलाईन मन संवाद का शुभारंभ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

मतदान के बाद मतगणना और चुनाव परिणाम घोषित करने का काम चल रहा है

सुबह मतदान धीमा रहा लेकिन दोपहर होते होते मतदाताओं ने उत्साह से वोट डाले छिटपुट घटनाओं को छोड़ सभी जगहों से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न होने के समाचार मिले हैं

इससे पहले आज दिनभर मृतक के परिजन और जनप्रतिनिधि विभिन्न मांगों को लेकर अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े रहे इससे पहले आज कई जनप्रतिनिधियों ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने भी आज गांव का दौरा किया और घटना की जानकारी ली इधर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से दूरभाष पर चर्चा की राज्यपाल श्री मिश्र ने मुख्यमंत्री से करौली की घटना और बॉडमेर में नाबालिग के साथ दूराचार की घटना को लेकर चिंता जताई इस पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि इन सभी घटनाओं को राज्य सरकार ने संज्ञान में ले लिया है और पुलिस इनकी जांच कर रही है उन्होंने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

कल के मुकाबले आज नये मामलों में कमी दर्ज की गई है

हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया है कि जिले में लोगों को जागरूक करने के लिये कई अनूठी पहल की जा रही है

स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी से रोगियों की वास्तविक संख्या को निम्न स्तर पर बनाये रखने में मदद मिली है देश में कोरोना महामारी की वर्तमान मृत्यू दर एक दशमलव पांच चार प्रतिशत है जो दूनिया की सबसे कम मृत्यु दर में से एक है

इस कड़ी में जयपुर के जाने माने टीवी कलाकार आशीष शर्मा ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिये सतर्कता बरतने की अपील की है

इसके तहत आज बूंदी शहर में जागरूकता बैनर लगाये गये सवाई माधोपूर जिले में रंगोली बनाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया सिरोही में जिला कलेक्टर ने बाजार में पैदल घूमकर लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की पाली में इस अभियान के तहत विभिन्न संगठनों की ओर से मास्क का वितरण किया गया

उच्चतम न्यायालय में दायर हलफनामे में रिजर्व बैंक ने कहा है कि ऋणों की अदायगी में लम्बी मोहलत देने से कर्ज लेने वालों के ऋणों की अदायगी संबंधी व्यवहार पर असर पडेगा और कर्ज की अदायगी में चूक की आशंका भी बढ सकती है

इस अवसर पर उन्होने कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूती देने का काम रही है

विकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में अकेलापन रोजगार संकट भय चिंता तथा मानसिक तनाव के चलते न्यूरोसाइकेट्रिक की दर में बढ़ोतरी हुई है लेकिन सरकार मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर प्रभावित लोगों को राहत प्रदान कर रही है

गृह मंत्रालय के परामर्श में कहा गया है कि किसी भी संज्ञेय अपराध में दण्ड प्रक्रिया संहिता सीआर पीसी के तहत अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर हुए किसी अपराध के सिलसिले में जीरो एफआईआर दायर करने का भी अधिकार है महिलाओं से यौन दुष्कर्म सहित किसी भी संज्ञेय अपराध के होने की सूचना भिलने पर पुलिस के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कैरना आवश्यक है मंत्रालय ने कहा है कि नियमों के पालन में कोई चूक नजर आने पर इसकी जांच की जानी चाहिए और इसके लिए उत्तरदायी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए

श्री गहलोत ै आज प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय किसान सम्मेलन में बोल रहे थे उन्होने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था को व्यापक नुकसान हुआ है और इससे किसान व्यापारी ठेले वाले सहित सभी लोग तकलीफ में हैं

लेकिन सभी वर्गो के सहयोग से सरकार कोरोना का डटकर मुकाबला कर रही है

वित्त मंत्रालय ने सभी करदाताओं से समय पर रिटर्न भरने को कहा है वार्षिक रिटर्न भरना केवल दो करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक टर्न ओवर वाले करदाताओं के लिए अनिवार्य है पांच करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्न ओवर के लिये समाधान विवरण जमा कराना होगा

कार्यक्रम में शामिल करने के लिए लोग अपने विचार और सुझाव नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं एक ट्वीट मेँ श्री मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम जीवन के विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नागरिकों को अपनी प्रेरणास्पद जीवन यात्रा के बारे में चर्चा करने और सामाजिक परिवर्तन के मुद्दों पर बातचीत करने का शानदार अवसर उपलब्ध कराता है